आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां लोगों की कई आकांक्षाएं हैं जिन्हें पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने पूरा करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की कड़ी मेहनत से ही सपने पूरे किए जा सकते हैं इससे पहले एनसीसी कैडेट्स ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को पुरस्कार भी प्रदान किए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में कल देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे और कार्यक्रम का प्रसारण भी कई देशों में होगा आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा

श्री गहलोत आज ड्रंगरपुर के कुआ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे गी

इसके अलावा उन्होंने किसानों को नए कृषि कनेक्शन जल्द देने हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनवाने और आदिवासी इलाकों को सडकों द्वारा जोडने की भी घोषणा की श्री गहलोत ने बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य में किसानों का कर्ज माफ करने की प्रक्रिया चल रही है

भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर में कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों के कर्जमाफी और बेरोजगारों को भेत्ता देने के मुददे उठाये

इन नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया अजमेर में पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और अनिता भदेल की अग्वाई में प्रदर्शन हुआ अन्य जिलों में भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन दिया

कुछ स्थानों पर ईवीएम और वीवीपीएटी मषीनों में खराबी की सूचना मिली

बाद में बहजन समाज पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के पुत्र जगत सिंह को अपना उम्मीदरवार घोषित किया यहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और बहजन समाज पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने दावा किया कि कांग्रेस यह चुनाव अच्छे बहुमत से जीतेगी

श्री गडकरी ने आज बीकानेर में दो परियोजनाओं की आधारशिला रखीं वहीं एक परियोजना का उद्घाटन किया कार्यकम को सम्बोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आदिवासी सरहदी सीमाओं पर सड़क नेटवर्क स्थापित करने पर ध्यान नहीं दिया गया

समारोह में कोन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत अर्जुन मेघवाल संतोष गंगरार सी आर चौधरी ने भी संबोधित किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन राजमार्गों के निर्माण से सरहदी इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा वहीं पड़ौसी राज्यों से जुड़ाव भी बेहतर होगा

लगभग सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान दस डिग्री सैल्सियस से नीचे बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया

हमारे संवाददाता ने बताया कि खेतों में बर्फ जमने से फसलो में पाला पडने की संभावना बढ़ गई है

भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने करेड़ा पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक कैलाशचंद्र मेघवाल को दो हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ़तार कर लिया